मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र का डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ से कोरोना रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का केंद्र से हिमाचल को ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाने का आग्रह

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें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

प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए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 बैठक के दौरान कोविड महामारी से लड़ाई में केन्द्र व राज्य सरकारों और देश की जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल दिया गया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ को कोरोना रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करने और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने को कहा है ऐसा करने से कोरोना रोगियों को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलेगी जयराम ठाकुर आज नाहन में सिरमौर जिले में कोरोना स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय लोगों को पडोसी राज्यों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने को कहा ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीपीई किटस फेस मास्क सेनिटाईजर और ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि रोहित सरदाना ने कड़ी मेहनत और लग्न से पत्रकारिता में एक बड़ा मुकाम हासिल किया उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहित सरदाना एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे तथा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश व जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते थे उन्होंने कहा कि रोहित सरदाना युवा पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पत्रकारिता जगत को दिए गए उनके सराहनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा सुक्खू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सुखविंद्र सुक्खू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने में अब तक विफल रही है सुक्खू ने आज एक बयान में कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है उन्होंने कहा कि कागजों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें धरातल पर देर से उतारा जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है सुक्खू ने कहा कि अब घोषणाओं से काम नही चलेगा

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है ये लहर रोगियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रही है इस लिए जरूरी है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रणनीति अपनाए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है कोरोना महामारी के इस दौर में भी सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोग ईलाज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और चारों ओर अव्यवस्था का आलम है राठौर ने कोरोना से हो रही मौंतों के मामले में अंतिम संस्कार का खर्च सरकार की ओर से उठाने और इस कार्य के लिए लकड़ी निशुल्क उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने की अपील की वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सांस में तकलीफ की वजह से आज आईजीएमसी शिमला में भर्ती करवाया गया है अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि वीरभद्र सिंह कार्डीयक केयर यूनिट में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत स्थिर है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल जाकर बीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की एसडीएम कोरोना महामारी ने आज जहां हर व्यक्ति को एक दूसरे से दूर होने पर विवश कर दिया है वहीं डर के इस माहौल में दिल को सुकुन देने वाली कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं इस माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा से पीछे नहीं हट रहे ऐसे ही एक घटना आज कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी के वार्ड नम्बर एक में सामने आई जहां एक कोरोना संक्रमित महिला की मृत्यू पर उसके अन्तिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आये इसकी सूचना मिलते ही ज्वालामुखी के एसडीएम धनबीर ठाक्र और डीएसपी तिलकराज स्वयं मौके पर पहुंचे और न केवल अन्तिम संस्कार की व्यवस्था की बल्कि स्वयं भी इसमें शामिल हए एडीएम धनबीर ठाक्र ने लोगों से निराश न होने और एक दूसरे का सहयोग करने कि अपील करते हुए कहा कि यह समय भी निकल जाएगा हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है

ये टीमें शहर के सभी वार्डो में कोरोना पीड़ितों होम क्वारंटीन में रह रहे नागरिकों और उनके सम्पर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर उन्हें दवाईयां उपलब्ध करवाएंगी इन टीमों को वार्ड में जाने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा